केंद्र सरकार ने बिना बैट्री के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है

इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार दो सौ अंठावन पहुंच गयी है जबकि अबतक बारह हजार एक सौ संतानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार आठ सौ उनसठ रह गयी है कल एक साथ डेढ़ हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की अबतक की सबसे बड़ी संख्या है वहीं दूसरी ओर कल आठ कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी जिससे मरनेवालों की संख्या बढ़कर दो सौ दो हो गयी है

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हए मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ आज से राज्यभर में सख्ती बरती जायेगी इसे लेकर पुलिस की ओर से अभियान चलाकर जुर्माना वसुला जायेगा बिना मास्क के पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच सौ रुपये का जुर्माना लिया जायेगा जुर्माने की रकम से संबंधित संक्रामक रोग अध्यादेश लागू होने तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा संक्रामक रोग अध्यादेश लागू होने के बाद जुर्माने की नयी राशि तय की जायेगी

यह इस समूह की पहली बैठक थी जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने की और स्वास्थ्य सचिव इसके सह अध्यक्ष थे विशेषज्ञ समूह ने टीकों के इनवेंटरी प्रबंधन और वितरण व्यवस्था सहित इसे समाज के सबसे निचले स्तर तक उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रणाली कायम करने की योजना बनाने और उसपर अमल के बारे में विचार किया टीकाकरण के तौर तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई

राष्ट्रीय सलाहकार समूह की स्थायी तकनीकी उप समिति से भी टीकाकरण के बारे में राय ली गयी समूह ने टीकों की खरीद प्रक्रिया और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीकों के निर्माण के साथ साथ टीकाकरण में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाए इसपर भी विचार विमर्श किया गया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

याचिका में यह आरोप है कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन का उल्लंघन कर दो साल के लिए डीजीपी के पद पर बहाल कमल नयन चौबे को महज नौ महीने के भीतर पद से हटा दिया गया झारखंड उच्च न्यायालय में आज से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी याचिकाएं दाखिल हो सकेंगी ऑफलाइन याचिका दाखिल करने की सहमति हाईकोर्ट कोर कमेटी और एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में प्रदान की गई जैसा कि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी इधर हाई कोर्ट के गेट नंबर तीन के पास याचिका दाखिल करने के लिए एक ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है जिसमें याचिका के साथ साथ शपथपत्र भी डाला जा सकता है इसके साथ ही ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा भी जारी रहेगी राज्य के कई बहुचर्चित कांडों में बेहतर अनुसंधान आरोपितों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने वाले झारखंड में पदस्थापित पांच अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से नवाजा जाएगा इनमें से दो झारखंड पुलिस तथा तीन सीबीआइ के अफसर हैं

पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बुलेट प्रफ जैकेट समेत अन्य रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जायेगा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उनकी कंपनी सेना में प्रयुक्त होनेवाले कई उत्पादों का निर्माण कर रही है इसके साथ ही बुलेट प्रफ जैकेट बुलेट रेजिस्टेंस जैकट प्रोटेक्टिव गारमेंट्स बुलेट रेजिस्टेंस बैलेस्टिक हेलमेट बैलेस्टिक पैनल सहित कई सामग्री का निर्माण शुरू किया जायेगा जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाले एक सौ एक उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने देश में उत्पादन पर जोर दिया है इसी के तहत आदित्यपुर में भी बुलेट प्रफ जैकेट का उत्पादन शुरू किया जा रहा है केंद्र सरकार ने बिना बैट्री के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैट्री वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैट्री के निर्माण प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षो में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं

लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है

करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढाई गई है डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को बढावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं आय कर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है रामगढ़ जिले में गंदगी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है

हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति मांगी थी रजिस्ट्रार जनरल ने एडवोकेट एसोसिएशन को सुबह नौ बजे के बाद सीमित संख्या में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ध्वजारोहण करने की अनुमति प्रदान की है झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुकदमों की पैरवी करने के लिए वकीलों को सूचीबद्व कर उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है

इसमें महाधिवक्ता को मुख्य कानूनी सलाहकार और तीन वरीय अधिवक्ताओं को पैनल अधिवक्ता बनाया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ कैंप में कल एक पेड़ गिर जाने से हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई साहिबगंज जिले के कन्हैयास्थान मे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन का तीन दिवसीय उत्सव चल रहा है इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए विदेशों से आनेवाले भक्तों को इजाजत नहीं मिली है और आसपास के सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है रांची रेल मंडल के तहत आने वाले रांची और हटिया समेत अन्य सभी स्टेशनों पर कल सफाई अभियान चलाया गया आज ट्रेन और पटरियों की सफाई कराई जाएगी

रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया है और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज कोरोना से काफी संख्या में स्वस्थ होनेवालों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकॉर्ड रिकवरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर को जगह दी है वहीं दैनिक भास्कर ने झारखंड में अबतक चार लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की खबर को प्रमुखता दी है कोरोना संक्रमण के खिलाफ मास्क नहीं पहननेवालों से पुलिस की सख्ती और जुर्माना की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है वृंदा वन में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है सोशल मीडिया पोस्ट से बेंगलुरु में भड़की हिंसा की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पत्रे पर जगह दी है वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने बेंगलुरु में भीड़ के उग्र होने और तीन लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है उच्चतम न्यायालय में दो सप्ताह के अंदर मामलों की फिजिकल हियरिंग शुरू करने की पहल को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है